इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें आय्ष उपचार कोविड से लडने में चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता बढाने के लिए अब आयुष डाक्टरों की सेवायें ली जाएगी

वायुसेना सहयोग भारतीय वायुसेना ने कोविड से निपटने के लिये ऑक्सीजन कंटेनर और चिकित्सा उपकरणों को लाने ले जाने में प्रशासन की मदद के प्रयास तेज कर दिये हैं

ये उड़ानें भोपाल इंदौर सहित देश के दर्जन भर शहरों के लिये भरी गयीं सीबीएसई एप केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने विद्यार्थियों और अभिभावकों का मानसिक तनाव द्र करने के लिए एक नया मोबाइल ऐप श्रू किया है

प्रदेश कोरोना प्रदेश में कर्फ्यू और प्रतिबंधों के कारण कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है

शिवप्री जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को थामने के लिए आशा एएनएम तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दवारा डोर ट्र डोर सर्वे किया जा रहा है आगर मालवा में स्वास्थ्य विभाग दवारा होम आईसोलेट मरीजों को घरों पर ही मेडिसिन किट उपलब्ध कराई जा रही है

यहाँ कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर द्कानों को सील करने का सिलसिला भी जारी है

इसमें प्रदेश के आवेश खान भी शामिल है